राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के मौके पर किसानों के लिए प्रदेशभर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी से फिर बढ़ी ठंड कल प्रदेश में आंधी तूफान की चेतावनी जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार अपने कांगड़ा शीतकालीन प्रवास को केवल एक परंपरा और राजनीतिक लाभ ँलेने का मौका नहीं बनाना चाहती मुख्यमंत्री आज अपने कांगड़ा प्रवास के दूसरे दिन देहरा विधानसभा क्षेत्र के ढलियारा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने नगर परिषद भवन देहरा के निर्माण के लिए एक करोड़ रूपये और संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण के लिए डेढ़ करोड़ रूपये देने की घोषणा की केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कॉरपोरेट टैक्स की दरें विश्वभर में सबसे कम हैं जिससे भारत में बड़ी मात्रा में वैश्विक निवेश संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ने देहरा में पुलिस आवास का लोकार्पण भी किया और जनसमस्याए सुनीं उन्होंने इससे पूर्व ज्वालाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी की

बैजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगा

इस बीच विधानसभा उपाध्यक्ष ने बजट सत्र के दृष्टिगत आज एक बैठक में सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा है कि जनगणना डाटा दशकों के सामाजिक विश्लेषण के लिए एक मुख्य आधार है इसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों व नीतियों के लिए आवश्यक सूचनाए प्राप्त होती हैं

सम्मेलन के दौरान मंडलीय और प्रधान जनगणना अधिकारियों को मकानों के सूचीकरण और गणना के बारे में प्रशिक्षण दिया गया मुख्य सचिव ने जनगणना अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य को पूरे समर्पण के साथ निर्धारित समय अवधि में पूरा करें निदेशक जनगणना संचालन सुशील कापटा ने जनगणना की पृष्ठ भूमि इसके महत्व और कानुनी प्रावधानों पर विस्तुत जानकारी दी एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की आज की कड़ी में हम हिमाचल प्रदेश के जोड़ीदार राज्य केरल में साक्षरता मिशन के सफल प्रयासों की चर्चा करेंगे पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने वाला केरल देश का पहला राज्य है इसमें विभिन्न संगठनों व सरकार की भागीदारी से लोगों को साक्षर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं हिमाचल की तर्ज पर केरल में भी पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य साकार करने के लिए राज्य साक्षरता मिशन के प्रयास फलीभूत हुए हैं केरल के वायनाड जिले में बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी है स्कूल दूर होने के कारण अधिकतर लोग शिक्षा के अभाव में जी रहे थे लेकिन वायनाड लिटरेसी प्रोजैक्ट के माध्यम से ट्राइबल सैटलमेंट कॉलोनी के लोग अब पढ़ना लिखना सीख गए हैं साक्षरता भिशन की परियोजना अधिकारी निर्मला रॉय के मुताबिक वायनाड में प्रौढ़ आयू के साक्षर हो रहे लोग न केवल केरल बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं

इस मौके पर प्रदेशभहर में मृदा स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया इसे दौरान किसानों को मृदा परीक्षण का उददेश्य और भूमि में मौजूद तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई किसानों को रासायेनिक खादों के कारण कृषि भूमि पर पड़ने वाले असर और उसके सुधार के उपाय भी बताए गए मुदा कार्ड मिट्टी की जानकारी कृषि व बागवानी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है मृदा स्वास्थ्य कार्ड इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं सरकार द्वारा कृषकों की सुविधा के लिए उनके खेतों से भिद्टी लाकर उसकी जांच की जा रही है तथा उन्हें मृदा जांच कार्ड दिए गए हैं ताकि वे अपनी मिट्टी की पूरी जानकारी हासिल कर सकें

ज़िला कृषि अधिकारी सोमराज नेगी के मुताबिक ज़िले के तीनों मंडलों से एक एक गांव को मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदर्श गांव के रूप में चुना गया है कल्लू ज़िला में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तहत आदर्श गांव के रूप में चुने गए धमोट गांव के किसान जोगराम और गोलेराम का कहना है कि इस योजना से केन्द्र सरकार का किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निश्चित तौर पर हासिल हो सकेगा हमीरपुर ज़िला के मदा परीक्षण अधिकारी अजय कमार चोपड़ा के अनुसार जिले के हर विकास खंड में एक मॉडल गांव का चयन किया गया है इन गांवों के किसानों को मिट्टी की जाचं के बाद खाद और बीज की मात्रा के बारे में जानकारी दी जा रही है

किन्नौर से सीताराम नेगी कल्लू से आशीष शर्मा और हमीरपूर से हरीश नंदा के साथ रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला मौसम मौसम ने प्रदेश में एक बार फिर से करवट बदल ली है राज्य के जनजातीय क्षेत्रों लाहौल स्पिति और किन्नौर में आज सुबह से ही ऊंची पहाड़ियों पर हल्का हिमपात तथा निचले इलाकों में वर्षा हो रही है राज्य के अन्य जिलों में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं इससे अधिकतम तापमान में जोरदार गिरावट आई है मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में ये बदलाव हिमालय क्षेत्र में सकिय हुए ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आया है

इस चेतावनी को देखते हुए शिमला ज़िला प्रशासन ने सभी नागरिकों को एहतियात बरतने की सलाह दी है

उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले शस्त्र धारकों के खिलाफ कानूनी ंकार्रवाई की जाएगी

इस कारण पूह की ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद है